राज्यपाल राम नाईक ने विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करके देश के विकास में योगदान करने का किया आह्वान

प्रदेश भर में आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश के गरीबों को आयभ्मान कार्यक्रम का लाभ मिलेगा यह कार्यक्रम इस महीने की पच्चीस तारीख से शुरू होगा इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के जरिए दस करोड़ गरीब और वंचित परिवारों को लाभ पहंचाने का लक्ष्य है इस महीने की सत्रह से पच्चीस तारीख तक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा इस प्ररा सप्ताह हम अटल जी को कार्याजलि देंगे और सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगें हम लगातार सेवा के काम करें और उसमें भी विशेष करके हेल्थ चेकअप के कैंप लगाएं लोगों की भलाई का काम करें और उसी दिन आयुष्मान भारत का भी प्रचार करें आयुष्मान भारत की योजना भी लोगों को समझाएं बताइए कितना बड़ा काम हो जाएगा देश के लिए श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा ही नहीं है बल्कि प्रत्येक भारतवासी के विकास के लिए प्रेरणा मंत्र है श्री मोदी कल गाज़ियाबाद हजारीबाग जयप्र ग्रामीण नवादा और अरूणाचल पश्चिम संसदीय चुनाव क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए मेरा दूथ सबसे मज़बूत संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे सबका साथ सबका विकास ये हमारे लिए सिर्फ नारा कभी नहीं था ये हमारा प्रेरणा मंत्र है समाज का हर वर्ग देश का हर कोना समाज का हर तबका ये हमारा अपना है और इसलिए हमारा मानना है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सबका साथ हो सबका विकास हो श्री मोदी ने कहा कि अन्य दल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं जबकि भाजपा इस बात पर पूरा ध्यान दे रही है कि हर देशवासी को समान अवसर मिलें बाकी राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति की आंख में धूल झोंकी चुनाव निकाल दिए हमने हिम्मत से कहा सबका साथ और साथ मतलब देश को आगे ले जाने में सवा सौ करोड़ का साथ तो गारटी क्या सबका विकास क्यों कि जनता का हम पर भरोसा है जनता में हमारा विश्वास है संसाधनों पर सभी का समान हक है न किसी का अधिक न किसी का कम श्री मोदी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज़ गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से है उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में यह और ज्यादा तेज़ी से बढ़ी है चार वर्ष पहले भारत दुनिया में दसवें नम्बर की अर्थव्यवस्था थी चार साल के भीतर भीतर हम अब छठे नम्बर पर पहुंच गए ये परिवर्तन अगर आया है तो उसके पीछे हमने एक के बाद एक फैसले लिए इन फैसलों से भारत में निवेश करना व्यापार करना सरल हुआ है और टेलिकॉम जैसे सेक्टर को भ्रष्टाचार से बाहर निकाल कर पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि नहीं है बल्कि उनके काम को महत्व दिया जाता है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से राष्ट्र के विकास के लिए प्रयास जारी रखने का आहवान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की जड़े मज़बूत हैं और वह देश के विकास के लिए निरन्तर काम करती रहेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का महागठबंधन विकास के लिए नहीं बल्कि अवसरवाद की नीति के तहत बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश के विकास के लिए काम कर रही है किसी एक परिवार के लिए नहीं आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे देशवासियों को लाभ मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और अब केन्द्र सरकार वहां के लोगों से बराबर संपर्क बनाये हुए है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में श्री मोदी ने कहा कि देश को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है और सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक है

राज्य पुलिस के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने एनआईए की मदद से कल सुबह कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक कथित आतंकवादी को गिरफ़्तार करने में सफलता हासिल की है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने इसे बड़ी कामयाबी करार देते हुए बताया है कि गिरफ़्तार आतंकवादी कमरूज़्ज़मा असम का रहने वाला है पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया है कि उसे हिजबुल मुजाहिदीन ने गणेशोत्सव के दौरान आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए भेजा था उसके मोबाइल से एक स्थानीय मंदिर का वीडियो भी मिला है डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में उसकी मौजूदगी के बारे में एनआईए से इनपुट मिलने के बाद से ही एटीएस सक्रियता से इसकी तलाश में लगी हुई थी प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्द है वह कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के बारे में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे श्री स्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का लाभ देने के लिए आवश्यक धनराशि का प्राव्यान करते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी की है श्री स्वामी ने बताया कि प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की अनुमानित संख्या तक्रीबन साढ़े चार करोड़ है इन कर्मकारों का पंजीकरण कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली बनाई गई है तथा इसके तहत प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है बोर्ड असंगठित कर्मकारों के हितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सिफ़ारिश योजनाओं का अनुश्रवण जिला स्तर पर असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए किये जाने वाले कामों कर्मकारों के पंजीयन और पहचान पत्रों का वितरण तथा असंगठित कर्मकार कल्याण निधि का प्रशासन रख रखाव तथा शिकायतों की सुनवाई और उनके निस्तारण का काम करेगा राज्यपाल राम नाईक ने विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ते हुए देश को विकास के शिखर पर ले जाने और व्यक्तिगत जीवन में सफलता हासिल करने का आहवान किया है श्री नाईक कल मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के ग्यारहवें दीक्षान्त समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि दीक्षान्त समारोह छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण पड़ाव की हैसियत रखता है श्री नाईक ने कहा कि उनके जीवन में दूसरे पड़ाव की शुरूआत हो चुकी है अब उन्हें विश्वव्यापी स्पर्घा में शामिल होना होगा राज्यपाल ने समारोह में दो सौ चौहत्तर छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान कीं प्रदेश भर में आज हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है सरकारी कार्यालयों विशेष रूप से केन्द्र सरकार के कार्यालयों में आज से हिन्दी पखवाडा शुरू हो रहा है इस दौरान कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जायेंगे सरकारी काम काज में हिन्दी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों के आयोजन किए जायेंगे अन्य संगठनों तथा शैक्षिक संस्थाओं में भी आज हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है गणेश चत्र्थी का पर्व कल से पूरे प्रदेश में श्रद्वा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दस दिनों तक चलने वाला यह गणेशोत्सव भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के साथ संपन्न होगा राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को गणेशोत्सव की शुभकामनाए देते हुए कामना की है कि यह पर्व सबके लिए मंगलमय हो और समाज में सद्भाव का माहौल बना रहे